इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर तिरंगा फहराया

लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सवा सौ करोड भारतीय देश बनाने में जुटे हैं तिरंगे की शान के लिए जान देने वालों को नमन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए सेना के जवान अपनी जान की परवाह न करते हुए जान दे देते हैं सेना ने संकल्प से सर्जिकल स्ट्राईक किया श्री मोदी ने कहा कि उनकी ॅसरकार ने वन रैंक वन पेंशन का वायदा पूरा किया उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में छठे नम्बर पर है

उन्होंने कहा कि देश में नये एम्स और आईआईटी बनाये जा रहे हैं और हाइवे बनाने का काम दुगनी रफ्तार से जारी है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज नई कृषि क्रांति के दायरे खूल चूके हैं किसानों को अब अनाज के ज्यादा दाम मिल रहे हैं

उन्होंने कहा कि सरकार कड़े फैसले लेने का सामर्थ्य रखती है श्री मोदी ने कहा कि संसद का सत्र सामाजिक न्याय को समर्पित था और उनकी सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर पिछडे वर्गों को उनका हक दिलाया

राज्य स्तरीय समारोह जयपूर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है जहां मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ध्वजारोहण किया

इस अवसर पर लोक कलाकरों और छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यकम आयोजित किये जायेगें

इस अवसर पर आरएसी की सम्मान गारद की ओर से सलामी दी जायेगी प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी मंत्रिपरिषद के कई सदस्य तिरंगा फहरा रहे हैं राज्य स्तरीय समारोह में विभिन्न अधिकारियों कर्मचारियों लोक कलाकारों आर्टीजन्स खिलाड़ियों समाज सेवी व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित किया जायेगा

श्री कोविंद ने कहा कि ये एक निर्णायक क्षण है लोगों को विवादास्पद मुद्दों और असंगत बहसों में पड़कर अपना ध्यान इन लक्ष्यों से भटकने नहीं देना चाहिए

राज्यपाल ने स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान शहीद सैनानियों को श्रद्वांजलि अर्पित की और जीवित स्वतंत्रता सैनानियों की दीर्घ आयु की कामना की

उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने बताया कि उत्कृष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए जोधपुर ग्रामीण के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खींव सिंह भाटी एडीजी कानून व्यवस्था जयपुर में कार्यरत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर दयाल स्वामी और पुलिस द्रेनिंग स्कूल जोधपुर के हैड कॉस्टेबल रेवन्ताराम राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया जाएगा

राज्यपाल कल्याण सिंह की मंजूरी के बाद मॉनसून सत्र पांच सितम्बर को आहूत करने का निर्णय किया गया है विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है

आयोग का सर्वर ठप्प होने पर अम्यर्थियों को हुई परेशानी को देखते हुए यह तारीख बढाई गई है